कल मनाया जाएगा भाईदूज

लोगों ने एक दूसरे पर रंग गुलाल और अबीर डालकर होली की शुभकामनाएं दी राजधानी भोपाल में सुबह से ही हुरियारों की टोलियो ने रंग और गुलाल लगाकर जगह जगह लोगों से गले मिल कर बधाई दी वहीं पुराने और नये भोपाल में चल समारोह निकाले गये जुलूस में आकर्षक झांकियां बनायी गयी थी जिसमें राधा कृष्ण की होली और खास तौर से विंग कमांडर अभिनंदन की पाकिस्तान से भारत वापसी का चित्रण करती झांकियां शामिल थी कई स्थानों पर मटकी फोड प्रतियोगिता के भी आयोजन किये गये पर्व के दौरान सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखने के लिये जिला और पुलिस प्रशासन ने समुचित व्यवस्थाएं की थी इंदौर जबलपुर और ग्वालियर में भी हर्षोल्लास के साथ होली का पर्व मनाया गया चल समारोह में विभिन्न प्रकार की आकर्षक झांकियों का प्रदर्शन किया गया आगरमालवा जिले से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में विभिन्न समाजों द्वारा गैर निकाली गयी साथ ही जिले में चूल का भी आयोजन किया गया इसमें बच्चे बूढ़े और महिलाओं सहित कई श्रद्वालुओं ने दहकते अंगारों पर से निकलकर मन्नत मांगी

मुरैना जिले में होली की सुबह गांव की सभी महिलाएं संपूर्ण श्रृंगार कर होली गीत गाते हुए गांव की फेरी लगाती है वही पुरूष होली और कन्हैया गीत गाते है इसके बाद गांव में नाल उठाने की प्रतियोगिता आयोजित की जाती है शिवपुरी अशोकनगर उमरिया अनूपपुर जिले में विभिन्न स्थानों पर फाग गीत गायन के आयोजन किये गये सीहोर भिण्ड टीकमगढशिवपुरी छिंदवाड़ा डिंडौरी नरसिंहपुर छतरपुर सहित प्रदेश के अन्य जिलों से भी होली पर्व उल्लास के साथ मनाये जाने के समाचार मिले है

साथ ही कायस्थ समाज द्वारा भगवान चित्रगुप्त और कलम दवात की पूजा अर्चना की जाएगी इस मौके पर सामूहिक रूप से शिक्षा ज्ञान उत्तम संस्कार और सुख समृद्धि के लिये प्रार्थना की जाएगी राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के चित्रगुप्त मंदिरों में पंचामृत स्नान पूजा हवन और आरती की जाएगी इस अवसर पर होली मिलन और भजन कीर्तन के कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है मुरैना जिले में इस अवसर पर चंबल नदी को महाभारत की द्रोपदी के शाप से मुक्ति दिलाने के लिये भाईदूज पर्व पर पूजा अर्चना के साथ चुनरी भेट की जाएगी

एक अधिकारिक जानकारी के अनुसार बोर्ड ने इन दोनों कक्षाओं के प्रश्नपत्रों में गडबडी सामने आने के बाद यह निर्णय लिया है

प्रत्येक प्रश्न दो दो नंबर के थे लेकिन निर्देश में लिखा हआ था कि कोई दो प्रश्न हल करें जिससे विद्यार्थियों ने दो प्रश्न हल कर अन्य प्रश्न छोड दिये

भोपाल से ग्वालियर और भोपाल से विलासपुर रूट पर ग्वालियर भोपाल भोपाल ग्वालियर विलासपुर भोपाल भोपाल विलासपुर बीना कटनी और कटनी बीना पैसेंजर ये ट्रेने नहीं चलेगीं

रेलवे ने कार्यों के चलते इसे रद्द करने का निर्णय लिया है

फेसबुक व्हाट्सअप ट्वीटर और गूगल सहित अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और आईएएमएआई द्वारा कल निर्वाचन आयोग को सौंपी गई आचार संहिता के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय रिपोर्टिंग व्यवस्था लागू की जाएगी इसके तहत चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में जल्द और कड़ी कार्रवाई के लिए एक समर्पित तंत्र की स्थापना की जाएगी

इस व्यवस्था में राजनीतिक दलों के विज्ञापनों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने का भी प्रावधान है

अभिनेता का सोशल मीडिया पर यह बयान उन रिपोर्टो के बाद आया जिसमें कहा गया था कि मध्य प्रदेश कांग्रेस उन्हें इंदौर में चुनाव प्रचार के लिए लाने का प्रयास कर रही है इससे पहले ग्रुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बालीवुड हस्तियों से आम चुनाव में अपने प्रशंसकों से मतदान के लिए जागरुकता फैलाने की अपील पर श्री खान ने श्री मोदी के टवीट का उल्लेख करते हुए लिखा हम लोकतंत्र हैं और प्रत्येक भारतीय का अधिकार है कि वह मतदान करें मैं हर एक पात्र भारतीय से अनुरोध करता हूं कि वह अपने मताधिकार का इस्तेमाल करे और सरकार बनाने में अपना योगदान दे

श्री पटवारी ने आज इंदौर में पत्रकारों से बातचीत में कहा उन्हें मंत्री पद का कोई मोह नहीं है वे कांग्रेस पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं इस बार यहां से चुनाव कोई भी लड़े वे कांग्रेस के पक्ष में दमखम से चुनाव लड़ेंगे श्री पटवारी की पत्नी रेणुका को इंदौर संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार बनाये जाने के कयासों को विराम देते हुए उन्होंने कहा कि उनके परिवार से केवल वे ही चुनाव लड़ सकते हैं अन्य किसी भी पारिवारिक सदस्य के नाम की संभावना नहीं है

मौसम विभाग के अनुसार राजधानी भोपाल के अधिकतम तापमान में दो से तीन डिग्री की वृद्धि दर्ज की गयी वहीं राज्य के ग्वालियर और शहडोल संभागों में तापमान सामान्य से अधिक रहा

जबकि बैतूल सागर और सिवनी तथा मलाजखंड में कहीं कहीं हल्की ब्रूंदाबांदी हुई विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान जबलपुर शहडोल बैतूल होशंगाबाद रीवा एवं सतना जिलों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है

जिनके परिचय पत्र या तो खराब हो गये है अथवा गुम गये है